रफाल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से होंगे शामिल

श्री मोदी किसानों के सीधे इस्तेमाल के लिए ई गोपाला एप का भी उदघाटन करेंगे इस एप के जरिए व्यापक नस्ल सुधार कार्यक्रम सूचना पोर्टल और बाजार की सुविधा की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री बिहार में मत्स्य पालन और पश पालन क्षेत्रों में कई नए कार्यक्रमों का भी उद्घाटन करेंगे

इसके तहत बीस हजार करोड़ रूपए के अनुमानित निवेश से देश के मत्स्य क्षेत्र के लगातार विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा मत्स्य क्षेत्र में यह अब तक का सर्वाधिक निवेश है

कार्यशाला का पहला दिन प्रधानाचार्य और अध्यापकों पर केन्द्रित होगा जिसमें नई शिक्षा नीति को सुजनात्मक ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाएगा कार्यशाला में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक और सुजनात्मक गतिविधियों में लगे अध्यापक भाग लेंगे इस कार्यशाला को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल संबोधित करेंगे कल विषय विशेषज्ञ नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे

इस दौरान शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी

केन्द्रिय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिये यह जानकारी दी

इसके लिए अंबाला के वायुसेना हवाई अड्डे पर समारोह आयोजित किया जाएगा समारोह में फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहेंगी

मंत्रालय ने कहा कि देश में सुगमता पूर्वक व्यापार सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बनाने के लिए हितधारकों में विश्वास पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं

श्री गहलोत ने किसानों से खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां लगाने के लिए सरकारी अनुदान का लाभ उठाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि कृषि प्रसंस्करण नीति से किसानों को गांवों में ही अपनी जमीन पर उद्यम लगाने की सुविधा मिलेगी इससे युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में किसानों की मदद के लिए प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे

कल राज्यपाल ने आने वाले वर्षो में उनके द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के बारे में भी जानकारी दी इन बिदुओं में श्री मिश्र ने बालक बालिका युवा महिलाओं सहित उच्च शिक्षा के उन्नयन वर्षा जल के संग्रहण स्वस्थ राजस्थान और विलुप्त होती लोक कलाओं के सहजने की कार्य योजना को समाहित किया है